दिन में धूप से चढ़ा पारा तो रात में अभी भी महसूस की जा रही है ठंडक

इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से चलाए जा रहे स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी प्रधानमंत्री ने महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है उन्होंने इस संदर्भ में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया महिला शक्तिकरण केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिला शक्तिकरण और आधी आबादी को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धमेंद्र प्रधान की मौजूदगी में शुक्रवार को नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये इस समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महिला कोष और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद को सौंपी गयी है इस अवसर पर श्रीमती गांधी ने कहा कि सरकार की इस पहल से उन महिलाओं को मदद मिलेगी जो पहली बार रोजगार की तलाश में निकल रही हैं इससे उनकों जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी

महिला दिवस प्रदेश प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत की

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का शुभारंभ खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी कर रही थीं उत्सव के पहले दिन बाल साहित्य एवं लैंगिक समानता विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया

वहीं भिंड में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों को बारे अवगत कराया खंडवा जिले में भी महिला दिवस के अवसर पर कई गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वहीं छिंदवाड़ा में जनपद पंचायत मोहखेड़ की लगभग अस्सी ग्राम पंचायतों में महिला ग्रामसभा सबला महिला सभाओं का आयोजन किया गया जिनमें महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर चर्चा की गई रीवा में महिलाओं द्वारा निःशक्त कन्या छात्रावास में फलमिठाई कपड़े आदि वितरित किये गये महिला दिवस पर अशोकनगर में भी जिलास्तरीय परिचर्चा और सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया शहडोल में महिला दिवस पर स्थानीय गांधी स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया जिसमें सैकड़ो महिलाओं ने भाग लिया विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला दिवस के अवसर पर श्रीहरि वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया वहीं रायसेन में कलेक्टर कार्यालय में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिये सावित्री बाई फुले वाचनालय सह आराम कक्ष बनाया है इसके साथ यहां शिकायत पेटी भी लगाई गई शिवपुरी बैतूल मुरैना टीकमगढ़ होशंगाबाद और राजगढ़ सहित सभी जिलों से महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

मुख्यमंत्री ने इन शहरों के लोगों और सफाई कर्मचारियों को बधाई देते कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर परिणाम के पीछे जनता की जागरूकता व जनभागीदारी तो है ही लेकिन असली मेहनत इन शहरों के सफ़ाईकर्मियों की है जिनकी रात दिन की कड़ी मेहनत व अथक परिश्रम से यह संभव हो सका है

लोक अदालत राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में कल वृहद उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार राजीव आप्टे ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरमों में विचारधीन बैंकिंग बीमा विद्युत चिकित्सा टेलीफोन कृषि आटोमोबाईल्स हाउसिंग एयरलाईन्स रेल्वे आदि के प्रकरणों के लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाएगा नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल नीमच मनासा और जावद न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इनमें आपसी सुलह और समझौते से मामलों को सुलझाया जाएगा

बैतूल में भी कल लोक अदालतों में आपसी सहमति से मामलों का निपटरा किया जायेगा

इस दिन सभी संभागीय और जिला मुख्यालय पर भी आयोजन होंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालक श्रीमन शुक्ल ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सुबह उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली जाएगी

संभाग और जिले में जागरूकता कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक आयोजित करने के साथ प्रचार साहित्य वितरित किया जाएगा इसी दिन शाम को महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के उपभोक्ता जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है भोपाल समेत प्रदेश में ज्यादातर जिलों में जहां तेज धूप खिलने से दिन में गर्मी महसूस की जा रही है वहीं रात में ठंडक बनी हुई है

मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं बताया है